राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश गणतंत्र के लोगों से ही चलता है

लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन अंग विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका है ये स्वायत्त होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं भारत की शक्ति इसके लोगों में ही निहित है हम महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते हुए लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहे ह विकास के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है

यह नये भारत के निर्माण और भारतीयों के नई पीढ़ी की उदय का दशक होने जा रहा है इस शताब्दी में जन्मे युवा बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय विचार प्रवाह में अपनी भागीदारी निभा रहे है समय बीतने के साथ हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रत्यक्ष साक्षी रहे लोग हमसे धीरे धीरे बिछुड़ते जा रहे है लेकिन हमारे स्वाधीनता संग्राम की आस्थाएं निरन्तर विद्यमान रहेंगे टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति के कारण आज के युवाओं को व्यापक जानकारी उपलब्ध है और उनमें आत्म विश्वास भी अधिक है राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत मिशन और आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के गरीबों को अत्यन्त लाभ प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति ने कहा कि देश की सेनाएं अर्द्वसैनिक बल और आंतरिक सुरक्षा बलों को मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं देश की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाये रखने में सैन्य बलों का बलिदान अद्वितीय साहस की गाथा प्रस्तुत करता है बाइट देश के सेनाओं अर्द्वसैनिक बलों और आतंरिक सुरक्षा बलों की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं देश की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाये रखने में उनका बलिदान अद्वितीय साहस और अनुशासन की अमर गाथाएं प्रस्तुत करता है

इससे पहले सामान्यता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था

उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीम वर्क करते हुए अपने काम से उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया इसके लिये प्रदेश सरकार ने उन्हें मेडल के साथ साथ एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की व्यवस्था भी की है मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर पणाली को एक स्वस्थ्य परम्परा की शुरूआत बताते हुए कहा कि यह स्मार्ट पुलिसिंग समाज के लिये बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि कमिश्नर प्रणाली को बेहतर पुलिसिंग का मॉडल बनाकर अगर हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस को दुनिया के सबसे अच्छे पुलिस बल के रूप में स्थापित कर सकते हैं

प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिये यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का गठन कर दिया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस हवाई अड्डे के बनने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी

ग्रेटर नोएडा के जेवर में करीब पांच हजार हेक्टेयर मे ंप्रस्तावित इस एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है

दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों के वकील की दलील पर आर निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है दोषियों के वकील ने आरोप लगाया था कि जेल अधिकारी दया और क्यूरेटिव याचिकाएं दायर करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं दे रहे हैं ब्रे क यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सन रहे हैं

आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया से वैश्विक समुदाय में इसका गौरव बढ़ा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रक्रिया को और अधिक उत्साहजनक बनाने तथा सहभागिता बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त किया है प्रदेश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हमीरपुर में मजबूत लोकतंत्र साक्षर मतदाता थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया इस मौके पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा बनाये रखने और मताधिकार के प्रयोग की शपथ दिलाई गई वहीं मतदान कार्यो में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया बलरामपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये स्कूली छात्र छात्राओं ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया मऊ में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मतदाताओं को उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई कार्यक्रम के दौरान नये बने मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी वितरित किये गये वाराणसी अमरोहा अलीगढ़ पीलीभीत शाहजहांपुर आगरा कन्नौज संभल सहित विभिन्न जनपदों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को शत प्रतिशत मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया

गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण हाल ही में सेना में शामिल किए गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों सहित सुखोई और अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट रहेगा दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन विधान भवन के समक्ष आयोजित किया जायेगा जहां राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे गणतत्र दिवस के अवसर पर सभी सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रौशनियों से सजाया गया है वहीं प्रशासन ने प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों को बधाई और श्रभकामनाये दी है अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस का अवसर हमें स्वंय का सौहार्द शांति तथा भाईचारा कायम करने के लिए प्रेरित करता है उन्होने कहा कि हमें अपने पूर्वजों से पाप्त अन्भवों तथा चिन्तन की समद्ध विरासत से प्रेरणा प्राप्त कर देश एवं प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहिए